एनडीए और महागठबंधन के नेताओं के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशी भी जनसमर्थन जुटाने के लिए लगातार प्रचार और जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कटिहार पूर्णियां और किशनगंज में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित किया श्री कुमार ने कहा कि केन्द्र के सहयोग से राज्य में समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए काम किये गये हैं इधर बेगूसराय में एनडीए उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने विभिन्न इलाकों में रोड शो कर लोगों से समर्थन की अपील की लोकसभा चूनाव के चौथे चरण के तहत प्रदेश के पांच लोकसभा क्षेत्रों दरभंगा उजियारपुर समस्तीपुर बेगूसराय और मुंगेर से छियासठ उम्मीदवार चूनाव मैदान में हैं इन लोकसभा क्षेत्रों में उनतीस अप्रैल को मतदान होना है सबसे अधिक मुंगेर से उन्नीस प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं वहीं उजियारपुर से अठारह समस्तीपूर से ग्यारह बेगूसराय से दस और दरभंगा से आठ प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं इन संसदीय क्षेत्रों में सतासी लाख से अधिक मतदाता हैं वहीं आठ हजार आठ सौ चौंतीस मतदान केन्द्र बनाये गये हैं इस चरण में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जदयू के राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार की चुनावी प्रतिष्ठा दांव पर है इसके अलावा लोजपा के रामचन्द्र पासवान राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी भाजपा के गोपाल जी ठाकुर राजद के तनवीर हसन और कांग्रेस की नीलम देवी अपना भाग्य आजमा रही हैं कांग्रेस ने वाल्मीकिनगर से राज्य के पूर्व मूख्यमंत्री केदार पाण्डेय के पोते शाश्वत केदार को अपना प्रत्याशी घोषित किया है शाश्वत केदार एनएसयूआई के प्रदेश सचिव रह चुके हैं इधर बहुजन समाज पार्टी ने भी वाल्मीकिनगर सीट से दीपक यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के बागी नेता और पूर्व मंत्री महाचन्द्र प्रसाद सिंह और कांग्रेस नेता विनोद शर्मा आज भाजपा में शामिल हो गये पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में दोनों नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलायी गयी है इस अवसर पर महाचन्द्र प्रसाद सिंह ने हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी पर लोकसभा चुनाव के लिए टिकट बेचने का आरोप लगाया राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने कहा है कि लोक सभा चूनाव की तारीख घोषित होने के बाद राज्य में अब तक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के तीन सौ मामले दर्ज किये गये हैं आकाशवाणी े साथ विशेष मेंटवार्ता में उन्होंने कहा कि आचार संहिता के अनुपालन पर कडाई से नजर रखी जा रही है

एच आर श्रीनिवास ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने आई टी एप्लीकेशन सी विजिल शुरु किया है अब तक दर्ज शिकायतों में एक सौ चालीस सही पाये गये हैं जिनका निराकरण किया जा रहा है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि यदि चुनावी उम्मीदवार लोगों को भोज भी देते हैं तो यह खर्च की राशि उम्मीदवार के चुनावी खर्च में जोड़ी जायेगी

उनपर बिना अनुमति के रोड शो करने का आरोप है जनता दल यूनाइटेड कल अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगा पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में घोषणा पत्र जारी किया जायेगा बांका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में दूसरे चरण के तहत अठारह अप्रैल को मतदान होगा

हालांकि मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार हैं निवर्तमान सांसद राजद के जयप्रकाश नारायण यादव एनडीए खेमे में जदयू के विधायक गिरिधारी यादव और भाजपा से बागी तथा पूर्व सांसद निर्दलीय प्रत्याशी पुतुल कुमारी के बीच कडा मुकाबला है भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा ने स्टार प्रचारकों के रुप में अपने अपने पक्ष के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार किया वहीं अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज श्रेयसी सिंह अपनी मां पुतुल कुमारी का घूम घूम कर प्रचार कर रही हैं मतदान को लेकर जहां प्रशासनिक स्तर पर तैयारी पूर्ण कर लिया गया है वहीं सुरक्षा की दृष्टिकोण से नक्सल प्रभावित प्रत्येक बूथों पर पारा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की गयी है लगभग सत्रह लाख योग्य मतदाता इस क्षेत्र में हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे

रामनवमी का त्योहार आज पूरे श्रद्धा और भक्तिपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है मंदिरों में देर रात से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखी जा रही है पटना जंक्शन स्थित हनुमान मंदिर का पट देर रात दो बजे खोल दिया गया पटना के बेली रोड स्थित पंचरूपी हनुमान मंदिर और पटना सिटी स्थित जल्ला हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि रामनवमी के अवसर पर मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है इसके अलावा जगह जगह शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है देश आज जालियांवाला बाग की सौवीं बरसी पर शहीदों को याद कर रहा है ब्रिटिशकाल में पंजाब के अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार के आज सौ वर्ष पूरे हो गये हैं यह जनसंहार आधुनिक भारत के इतिहास की सबसे बर्बर घटना मानी जाती है बैशाखी मनाने आए निहत्थे प्रदर्शनकारियों को ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैनिकों ने जनरल डायर के आदेश पर बिना कारण गोलियों से भून दिया था मौसम विभाग ने अगले दो से तीन घंटों के दौरान पूर्णियां कटिहार और आसपास के इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी की है इस दौरान तीस से चालीस किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है साथ ही बिजली गिरने की आशंका भी जतायी गयी है पूर्वी चंपारण जिले में पुलिस ने भारत नेपाल सीमा पर छौड़ादानों में जाली नोट छापने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि इकहत्तर हजार रूपये मूल्य के जाली नोट भी बरामद किये गये हैं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्वापूर्वक याद किया गया इस अवसर पर पटना में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि पिछड़ी जातियों के विकास में उनका योगदान भूलाया नहीं जा सकता है कार्यक्रम को पूर्व सांसद रंजन प्रसाद यादव और पूर्व मंत्री नागमणि सहित कई गणमान्य लोगों ने संबोधित किया